शिमला में नए उभरते भारत में पहाड़ी राज्यों के लिए विकास मॉडल पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में आज उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाबद्द और सतत विकास से ही प्रगति व समृद्धि के रास्ते अग्रसर हो सकते हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि योजनाकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही ढंग से किया जाए ताकि लोग विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन हिमालयन क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार करने में मददगार साबित होगा इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विश्वास जताया कि सम्मेलन से नए विचार सामने आएंगे जो हिमालयी राज्यों के विकास में सहायक सिद्ध होंगे एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुनील अम्बेडकर ने भी सम्मेलन में विचार व्यक्त किए सम्मेलन में प्रसिद्व अर्थशास्त्री राजनीतिक व विश्लेषक और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं

इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम को भविष्य में सभी विद्यालयों में शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि ये प्रयोगशालाएं सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा अधिक रूचिकर बनाने में सहायक होंगी बाद में उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के शिमला मंडल द्वारा निकाली गई विजय सम्पर्क रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने नूरपुर में युद्ध स्मारक और दो उठाऊ पेयजल योजना की आज आधारशिला रखी बाद में बौड़ में एक जनसभा में उन्होंने बताया कि युद्ध स्मारक के लिए नूरपुर में भूमि सैनिक कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित हो चुकी है

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि स्मारक के बनने से प्रदेश के नागरिकों में देश भक्ति और राष्ट्र गौरव की भावन सुदृढ़ होगी उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोगों से लाभ उठाने का आहवान किया सिंचाई मंत्री ने जसूर स्थित विभाग के उपमंडल कार्यालय का शुभारंभ भी किया

कसौली निर्वाचन क्षेत्र की जाबली पंचायत के कोट गांव में नवनिर्मित सामुदायिक भवन के लोकार्पण के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये जानकारी दी

इस अवसर पर सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाई गई योजनाओं के प्रचार प्रसार पर बल दिया

उन्होंने बताया कि शहीद राजेश ऋषि के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा

उपायुक्त ने बताया कि पिछले कल खोज अभियान में समदो से पंजाब रेजिमेंट के अतिरिक्त जवानों को शामिल किया गया है और इस दौरान बचाव दल को एक घड़ी भी मिली है